राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि आज से कन्टेनमेंट जोन से बाहर किसी भी क्षेत्र में केंद्र से परामर्श के बगैर लॉकडाउन लागू न किया जाए राज्य के भीतर और विभिन्न राज्यों के बीच सामान और लोगों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा

मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को भी खोलने की अन्मति दी जाएगी जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा

उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद द्वारा पारित कृषि विधेयक किसानों के जीवन में स्धार लाने में सहायक होंगे अरूणाचल प्रदेश में ईटानगर में आज पत्रकारों से बातचीत में श्री रिजिज् ने कहा कि इन कृषि विधेयकों से किसान अपनी उपज को देश में कहीं भी बेच सकेंगे उन्होंने कहा कि इससे राज्य में आपूर्ति और भ्गतान व्यवस्था को आसान बनाया जा सकेगा श्री रिजिजू ने कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सही समय पर सही कदम उठाये

आज ईटानगर में कृषि स्धारों पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हए श्री रिजिज् ने कहा है कि क़षि अधिनियम किसानों के लिए गेंमचेंजर साबित होगा म्ख्यमंत्री ने कहा कि अरूणाचल प्रदेश में न्यूट्रिशन किचन गार्डेन की योजना के तहत लाभार्थियों को बीज वितरित किए जा रहे हैं इस अवसर पर कृषि मंत्री तागे ताकि ने कहा कि राज्य में जलवायू परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फसलों फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हए इस क्षेत्र की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर रही है

एक बैठक में पीएमजीएसवाई परियोजना कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हए खांड्र ने आरडब्ल्यूडी मंत्री होनच्न नंददम से अन्रोध किया कि वे अक्ट्रबर के पहले सप्ताह में बैठक की अध्यक्षता करें और प्रत्येक सड़क परियोजना की स्थिति पर संबंधित ठेकेदारों से रिपोर्ट लें मियाओ विजयनगर पीएमजीएसवाई सड़क का जायजा लेते हए म्ख्यमंत्री ने आरडब्ल्यूडी को प्राथमिकता पर सड़क बनाने और निर्माण में निरंतरता बनाए रखने का स्झाव दिया विभाग अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मार्च के अंत तक कम से कम एसयूवी और चार पहिया ड्राइव म्यांमार की सीमा से लगे चंगलांग जिले के सबसे द्रस्थ सर्कल विजयनगर तक सड़क निर्माण कार्य प्रा कर लिया जायेगा

राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार आठ सौ इक्यानबे है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार ईटानगर राजधानी क्षेत्र में सबसे अधिक एक सौ सत्रह नए मामले दर्ज किए गए है इसके अलावा वेस्ट सियांग और चांगलांग जिले से पंद्रह पंद्रह अपर स्बनसिरी और पाप्मपारे जिले से चौदह चौदह वेस्ट कामेंग जिले से तेरह कुरुंग कुमे से नौ तिरप से आठ ईस्ट सियांग से सात लोअर सियांग से छह लेपारादा से पांच तवांग से चार क्रा दादी और नामसाई से तीन तीन लोंगडिंग पाके केसांग ईस्ट कामेंग और अपर सियांग जिले से दो दो और सुबनसिरी और लोहित जिले से एक एक नया मामला शामिल है